झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी अबतक एक लाख तीन हजार एक सौ इकहत्तर लोग संकमण से मुक्त हुए सूर्य उपासना का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज होगा खरना अनुष्ठान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं छठ घाट पर सतर्कता बरतने की अपील की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

राज्य सरकार ने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बुधवार को इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान जिन किसानों का हुआ है उसकी भरपाई राज्य सरकार आपदा विभाग के समन्वय से करेगी उन्होंने उपायुक्तों से अपने अपने जिले के किसानों को हुई क्षति की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया हालांकि अठारह जिलों से रिपोर्ट आ गयी है जिसके बाद इन जिलों के लिए राशि स्वीकृत भी कर दी गयी वहीं शेष छह जिलों को रिपोर्ट शीघ्र भेजने को कहा गया है

उन्होंने कहा है कि अनुमति मिलने से लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंताओं का मानदेय भुगतान किया जा सकेगा

इस मद की राशि का उपयोग किसी भी प्रकार के वेतन अथवा मानदेय भुगतान में नहीं किया जा सकेगा

वहीं वे अपने आवासीय कार्यालय में आज विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति की भी बैठक करेंगे

बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के बरवाडीह पकरी में बिना मुआवजा मुगतान किये खनन कार्य कराये जाने का विरोध किया है

इसके विरोध में वे कल रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में धरने पर बैठ गयीं और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की इस दौरान विधायक अंबा प्रसाद से बात करने पहुंचे कांग्रेसी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने उनका धरना खत्म कराया और उन्हें मुख्यमंत्री से मिलाने ले गये इधर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि बडकागांव में कोयला खनन कार्य में लगी एनटीपीसी कंपनी से जमीन के मुआवजे और ग्रामीणों के घरों को स्थानांतरित करने की बात पर सहमति बन गयी है आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय दिवस को लोगों में सुरक्षित साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनायेगा

राज्य में कोरोना संक्रमण के कल मामले एक लाख छह हजार सात सौ बयालिस हैं वहीं एक लाख तीन हजार एक सौ इकहत्तर लोगों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी भी की है जिससे स्वस्थ होने की दर बढकर छियानबे दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में राज्य में दो सौ इक्यावन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की प्रष्टि हुई है

इधर राज्य में कल तीन मरीजों की मौत हो गई मरने वालों में देवघर धनबाद और जामताड़ा से एक एक संक्रमित मरीज शामिल है राज्य में अबतक कोरोना से नौ सौ चौंतीस संक्रमित लोगों की जान जा चुकी है हजारीबाग जिले में छठ महापर्व में सामाजिक सहयोग से पूजा अनुष्ठान के लिए लागत मूल्य पर फल उपलब्ध कराया जा रहा है

उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के बाद संक्रमण बढ़ता है तो उस खतरे के लिए राज्य में भाजपा के नेता जिम्मेदार होंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर छठ पुजा की गाइडलाइन में संशोधन के लिए जबरन दबाव बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को भी भाजपा के नेताओं ने महत्व नहीं दिया केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की थी जिसका राज्यभर में विरोध किया गया जो उचित नहीं है श्री भट्टाचार्या ने कहा कि बड़े चिकित्सा संस्थानों ने भी संक्रमण बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी की है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिकिया देते हुए कहा कि छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया था जिसका राज्यभर में विरोध हुआ लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ कल नहाय खाय के साथ शुरू हो गया आज खरना अनुष्ठान होगा

इधर कल श्रद्वालुओं ने पूरी पवित्रता के साथ छठ महापर्व के पहले दिन कद्दू भात खाकर महाव्रत की शुरुआत की

महापर्व को लेकर श्रद्धालु तैयारी में जुट गये हैं इधर राजधानी रांची सहित राज्य के तालाबों और डैमों की साफ सफाई में भी लोग जुटे हैं छठ के अवसर पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है रांची में घाटों पर दंडाघिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है ड्रोन कैमरे व सीसीटीवी से भी लोगों पर नजर रखी जायेगी इधर छठ महापर्व के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ व्रतियों और समस्त प्रदेश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है उन्होंनेघाट पर सभी लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की है

उन्होंने इन सड़कों की समीक्षा के बाद एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी को युद्धस्तर मरम्मत कराने को कहा है अभियंताओं से रिपोर्ट मंगाने के बाद सचिव ने कहा है कि इन सड़कों को हमेशा चलने योग्य बनाये रखने के के लिए उसका मेंटेनेंस करायें

इसके अलावा बोकारो से धनबाद मार्ग में भी कुछ जगह सड़क जर्जर है लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादियों ने ओनेगड़ा नदी पर पुल निर्माण कार्य में कार्यरत मुंशी विक्की कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेजा आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने छठ महापर्व आरंभ होने और छठ घाटों में सतर्कता बरतने की अपील को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है कम संख्या में घाट पहुंचें खुद स्वस्थ रहें दूसरों को रहने दें अखबार ने झारखंड में छठ के बाद दस लाख लोगों की कोविड टेस्ट की तैयारी की खबर को पहली सुर्खी बनाया है राज्य के सीमावर्ती जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहली सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा छठ गाइडलाइन को लेकर की गयी टिप्पणी को पहली खबर बनाया है अखबार ने लिखा है त्योहार मनाने के लिए जीवित रहना जरूरी पकरी बरवाडीह कोल परियोजना में ढाई माह से बंद खदान चालू होने की खबर को प्रभात खबर ने अपनी पहली खबर बनाया है

रांची एक्सप्रेस ने राजधानी रांची से पीएलएफआई के पांच उग्रवादियों के पकड़े जाने की खबर और पीएलएफआई के नाम पर आईएमए के सचिव डॉ शंभु से बीस लाख रुपये की रंगदारी मांगे जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने लद्दाख में भारतीय सेना के लिए बनाये गये अत्याधुनिक आवास की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना संक्रमण के नवासी लाख मामले होने की खबर को प्राथमिकता दी है